प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सहकारी संघवाद को अधिक सार्थक बनाने के लिए केन्द्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए नीति आयोग की शासी परिषद की छठी बैठक में कल वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के बजट में उठाये गए रचनात्मक कदमों का स्वागत हुआ है जिससे राष्ट्र के मूड का पता चलता है उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण उपाय है इसका उददेश्य न केवल स्वयं की बल्कि विश्व की जरूरते पूरी करना है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का निजी क्षेत्र भी बड़े उत्साह के साथ आगे आ रहा है उन्होंने कहा कि वर्तमान बजट में बुनियादी ढांचे के लिए धन आवंटन सराहनीय है इससे रोजगार के हजारो अवसर पैदा होंगे श्री मोदी ने कहा कि एक नई पहल के अंतर्गत अब शहरों में आध्निक प्रौद्योगिकी के जरिए मकान बनाये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से करोड़ों ग्रामीण परिवारों को पाईप के जरिए जलापूर्ति की गई है पिछले वर्षो में कृषि और पश्पालन से लेकर मत्स्य उद्योग तक सभी क्षेत्रों में समग्र द्रष्टिकोण अपनाया गया वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि केन्द्रीय बजट पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवथा से अधिक का बजट है चेन्नई में उन्होंने कहा कि ईंधन की कीमतें वैश्विक मुददा है और पेट्रोलिय पदार्थों का निर्यात करने वाले देशों के संगठन ओपेक को पूरी दनिया को ध्यान में रखते हुए पेट्रोल और ंडीजल के दाम तय करने चाहिए उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्यों को वस्त और सेवाकर जीएसटी को एक समान रूप से युक्ति संगत बनाने के लिए विचार विमर्श करना चाहिए भारत को कल्याणकारी शासन व्यवस्था वाला देश बताते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा का पूरा ध्यान रख रही है और वैद्य तरीके से संपत्ति जुटाने का भी समर्थन करती है वित्तमंत्री ने कहा कि अगर करों का दायरा नहीं बढ़ाया जायेगा तो देश का विकास और उन्नति भी संभव नहीं होगी उन्होंने यह भी कहा कि सरकार को मददगार की भूमिका अधिक से अधिक निभानी चाहिए और विनियमन को कम से कम करना चाहिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इंडिया कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है लंबे संघर्ष के बाद वर्ष दो हजार में यह अलग राज्य बना अलग राज्य की परिकल्पना इस लिए की गई थी कि यहां के लोगों का विकास हो सके लेकिन बीस साल बाद भी झारखंड वहां नहीं पहंच सका जहां पहंचना चाहिए था उन्होंने कहा कि खनिज के मामले में झारखंड आगे है और अब पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि गोलियों की आवाज की जगह पर्यटकों की हंसी सुनायी दे उन्होंने कहा कि राज्य के श्रमिकों का हित सर्वोपरि है उन्होंने कहा कि कोरोना काल में देश के विभिन्न राज्यों से वापस आये श्रमिकों को मनरेगा के तहत रोजगार देने के लिए नौ सौ लाख मानव दिवस का सुजन किया गया उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण काल में कई काम बाधित हुए लेकिन हमने नयी नीतियां बनायी राज्य सरकार नई खेल नीति ला रही है जिसमें खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति का प्रावधान है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी वृद्वों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो उपभोक्ता खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक राष्ट्र एक मानक स्थापित करने का समय आ गया है इससे मानक स्थापित करने का वैश्विक लक्ष्य प्राप्त करने वाला भारत विश्व नेता बन जाएगा भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस के कार्यों की समीक्षा करते हए श्री गोयल ने कहा कि लोगों को गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए विदेश जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए भारत में विश्व स्तर की जांच प्रयोगशाला की जरूरत पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए आध्निक उपकरण और अत्याध्निक प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है

पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश तेलंगाना उत्तराखंड तमिलनाड चंडीगढ जम्मू कश्मीर केरल ग्जरात आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ ओडिसा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र बिहार झारखंड असम कर्नाटक पश्चिम बंगाल और त्रिप्रा में धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है

मौजूदा योजनाओं के अनुसार सरकार ने किसानों से न्यूनतम समर्थन मुल्य पर खरीफ फसलों की खरीद जारी रखी है

बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री मनसुख मांडविय हुनर हाट के उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे और लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी विशेष अतिथि होंगी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय हनर हाट का आयोजन कर रहा है पहली मार्च तक चलने वाले हनर हाट की थीम है वोकल फॉर लोकल यानि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा कोडरमा जिले में अब विवाह निबंधन की प्रक्रिया सरल हो जायेगी

इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा और समाज में समावेशन के लिए बहभाषिता को बढ़ावा देना

इस वर्ष शिक्षा मंत्रालय संस्कृति मंत्रालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र इस अवसर पर चार दिन के वर्चअल कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं आज आयोजन के पहले दिन उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायड़ बहभाषिता को बढ़ावा देने के विषय पर वेबिनार को संबोधित करेंगे श्री नायड् अंतरराष्ट्रीय वर्चुअल सुलेखन प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल भी वेबिनार को संबोधित करेंगे देश में अब तक एक करोड़ सात लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच लाख सत्ताईस हजार एक सौ संतानवें लोगों का टीकाकरण किया गया इस बीच कोविड से ठीक होने की दर संतानयें दशमलव दो प्रतिशत हो चुकी है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक एक करोड छह लाख अठहत्तर हजार से अधिक रोगी इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं वर्तमान में एक लाख तैतालीस हजार एक सौ सत्ताईस लोगों का इलाज चल रहा है जो कि क्ल संक्रमित लोगों का एक दशमलव तीन प्रतिशत है

प्रदेश में अब क्ल सकिय मरीजों की संख्या चार सौ सड़सठ रह गई है अब तक एक लाख सत्रह हजार नौ सौ सतहत्तर मरीज स्वस्थ हो चुके हैं झारखंड में कोरोना संकमितों स्वस्थ होने की दर अंठावनें दशमलव सात शून्य प्रतिशत है राज्य में चल रहे टीकाकरण के तहत कल दस हजार आठ सौ चौतीस हेल्थ केयर वर्कर को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया

अब तक करीब सात हजार हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्करों को टीका लगाया जा चुका है

इस धमाकेदार प्रदर्शन की बदौलत इशान का चयन टीम इंडिया की टी ट्वेंटी टीम में कर लिया गया है भारतीय किकेट टीम अगले माह इंग्लैंड के साथ टी ट्वेंटी सीरीज खेलने वाली है अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग समी अखबारों ने विजय हजारे ट्रॉफी और झारखंड के खिलाड़ी इशान किशन के ट्री ट्वेंटी टीम इंडिया में चयन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

दैनिक हिन्दुस्तान ने भी नीति आयोग की खबर को पहले पर लिया है सुर्खी बनायी है सरना धर्म कोड लागू करे केन्द्र और खनन में दे हिस्सा